शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एकीकृत आवास व बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत सोलन में वितरित किए घर मंडी में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

अब समाचार विस्तार से जनमंच कोरोना संकट काल के दौरान बंद रहे प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यकम जनमंच का एक बार फिर आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के सभी ज़िलों में कल होने जा रहे जनमंच कार्यकम के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और इसकी रूपरेखा भी तैयार की है विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार शिमला ज़िले के ठियोग जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर चंबा ज़िला के पांगी और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सिरमौर के रेणुका में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा लाहौल स्पिति के काजा पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर मंडी के पधर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ऊना के हरोली स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल किन्नौर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सोलन के अर्की वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के बैजनाथ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग हमीरपुर के बड़सर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज कुल्लू और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की

ये जानकारी जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने शाहपुर में जलशक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान दी

उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने कृषि गतिविधियों में विविधता लाने और किसानों की आय में बढ़ौतरी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रायोजित सहित सिंचाई क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं लाने और सिंचाई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए द्रढ़ता से कार्य कर रही है और कई सामाजिक संस्थान भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं राजभवन में आज लक्ष्मी नारायण कल्याण संस्थान के माध्यम से कोरोना योद्वाओं को सम्मानित करने के अवसर पर राज्यपाल ने ये बात कही राज्यपाल ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान अधिक सतर्क रहने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की बंडारू दत्तात्रेय ने संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है संस्थान के अध्यक्ष रवि कान्त ने राज्यपाल को संस्थान द्वारा चलाई जा रही सामाजिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने आज ऊना में हिमइरा के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया उन्होंने प्रदर्शनी में रखे उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को अपने सामान की बिक्री के लिए उचित मंच प्रदान करना है उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की इस पहल को सराहा और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन निरंतर अवधि पर करने के निर्देश दिए इस अवसर पर राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और विधायक राजेश ठाक्र सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे

वे आज जिला मंडी के रोपा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे

बिक्रम ठाक्र उद्योग व परिवहन मंत्री बिकम ठाक्र ने आज जसवां परागप्र विधानसभा क्षेत्र की हलेड़ पंचायत में पेयजल योजना का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से रणो हलेड़ और काहनपुर के लोग लाभान्वित होंगे उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए जल्द टैंडर बुलवाने के निर्देश दिए ताकि लोगों की वर्षो से लंबित मांग पूरी हो सके और उनकी पेयजल समस्या का निदान हो सके

कांग्रेस प्रदर्शन प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज मंडी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में ज़िला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया कुलदीप राठौर ने कहा कि केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकारें उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए किसानों व गरीबों के हितों से खिलवाड़ कर रही हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में पूरी तरह विफल हुई है उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार लोगों पर मनमाने ढंग से टैक्स व बिजली पानी और बस किरायों को बढ़ाकर मंहगाई थोप रहीं है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में जुटी है कांग्रेस ने मंहगाई के खिलाफ रोष स्वरूप उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा सीएसआईआर कांगड़ा ज़िला में सुगंधी तेल की फसल अपनाने के बाद यहां के किसानों की आय में चार से पांच गुणा बढ़ौतरी हई है और देश के विभिन्न राज्यों में सीएसआईआर किसानों को इस फसल के उत्पादन के प्रति जागरूक कर रहा है ये बात सीएसआईआर के महानिदेशक व डीएसआईआर के सचिव डॉक्टर शेखर सीमांडे ने अपने धर्मशाला दौरे के दौरान कही उन्होंने कहा कि सीएसआईआर नए तरीके से हवाई जहाज बनाने और ईंधन बनाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी काम कर रहा है उन्होंने कहा कि उनका विभाग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के दृष्टिगत किसानों को सुगंधी तेल उद्योग से जोड़ने में प्रयासरत्त है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अरोमा मिशन के अंतर्गत सुगंधित फसलों की खेती व प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण भी किया अजय शर्मा एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा है कि कृषि उत्पादन व कृषि निर्यात में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्वर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है